इनमें डॉक्टर चिकित्साकर्मी स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल है

इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी

वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में तदर्थ अन्दान दिया जाएगा

राज्य के वरिष्ठ चिकित्सक एल जांपा ने बताया कि प्रदेश मे इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है इस अवसर पर जिला उपाय्क्त कोमकर द्लोम ने बताया कि राजधानी क्षेत्र के अशोका होटल ईटानगर और नाहरलग्न स्थित भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स के म्ख्यालय को कोरनटाइन स्विधा के लिए चिन्हित किया गया है राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर मास्क और सेनेटाइजर की कमी को दूर कर लिया जाएआ

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई में सबसे आगे खडे हैं श्री हर्षवर्द्वन ने लोगों से चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बनाए रखने को कहा है उन्होंने कहा कि डर के कारण डॉक्टरों और नर्सों के साथ र्द्व्यवहार करना गलत है

राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के उपाय्क्तों और प्लिस अधीक्षकों से लॉकडाउन का पालन प्री तरह से कराने के लिए उनके साथ चर्चा की गई है